डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत हुए कार्यों के लिए केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा

पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में आज कांग्रेस द्वारा किए गए भारत बंद के दौरान प्रदेश के अनेक स्थानों पर बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे नितिन गडकरी छत्तीसगढ़ केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज दूर्ग जिले के चरौदा नगर में चार हजार करोड़ रूपये से अधिक के विभिन्न निर्माण कार्यो का लोकार्पण और भूमिपूजन किया जिन आठ विकास कार्यों का आज लोकार्पण और भूमिपूजन किया गया उनमें आरंग सरायपाली मार्ग के अलावा रायपूर दूर्ग के बीच चार फ्लाईओवर और रायपुर शहर के टाटीबंध जंक्शन पर फ्लाईओवर का शिलान्यास शामिल है इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी उपस्थित थे समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने कहा कि पिछले चार साल में छत्तीसगढ़ में पैंतीस हजार करोड़ रूपये के काम हुए हैं उन्होंने राज्य की जनता को विश्वास दिलाया कि सिर्फ अगले एक साल में छत्तीसगढ़ में करीब चालीस हजार करोड़ रूपये के काम किए जाएंगे

कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री ने मनरेगा मजदूर टिफिन योजना आबादी पट्टा वितरण रसोई गैस कनेक्शन सहित विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को सामग्री और चेक भी वितरित किए भाजपा कार्यकारिणी बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्हें अगले आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती दिखाई नहीं देती उन्होंने विपक्षी दलों के गठजोड़ के प्रयासों को अपनी सरकार की लोकप्रियता और अपनी पार्टी की बड़ी सफलता का सबूत बताया नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता कुर्सी पर बैठने का माध्यम नहीं बल्कि लोगों के कल्याण के लिए काम करने का माध्यम है नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्वांजलि अर्पित की और अजेय भारत अटल भाजपा का नया नारा दिया प्रधानमंत्री के भाषण का जिक्र करते हुए श्री प्रसाद ने कांग्रेस पर आम लोगों से जुड़े मुद्दे उठाने में विफल रहने का आरोप लगाया भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि वर्ष दो हजार उन्नीस का चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी को अगले पचास साल तक कोई हटा नहीं सकेगा इससे पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने पिछले चार साल के दौरान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के कार्यों का उल्लेख करते हुए एक राजनीतिक संकल्प पारित किया रूर्बन मिशन पुरस्कार केन्द्र सरकार ने डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत हुए कार्यो के लिए छत्तीसगढ़ को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है यह पुरस्कार कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में दिया जाएगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के गांवों को उनके मूल स्वरूप में रखते हुए ग्रामीणों को शहरों जैसी हर प्रकार की बुनियादी सुविधा दिलाने के लिए इस मिशन की शुरूआत की है छत्तीसगढ़ के लिए यह काफी महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री ने लगभग ढाई साल पहले इस मिशन का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ राजनांदगांव जिले के कुर्रूभांठ से किया था मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राज्य की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की है डॉक्टर सिंह ने इसे राज्य के लिए गौरव की बात बताया पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रूर्बन मिशन के तहत प्रदेश के सोलह जिलों को शामिल किया गया है विधानसभा विशेष सत्र छत्तीसगढ़ विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र कल से आयोजित किया जाएगा चतुर्थ विधानसभा का यह सत्रहवां सत्र होगा सत्र के दौरान वित्तीय कार्यों के साथ ही अन्य शासकीय कार्य भी संपादित किए जाएंगे दो दिवसीय इस सत्र के पहले दिन कल सदन द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल बलरामजी दास टंडन को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी वहीं दूसरे दिन सरकार चालू वित्तीय वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी इसके अलावा सत्र के दूसरे और अंतिम दिन विनियोग विधेयक सहित चार विधेयक भी सरकार द्वारा पेश किए जाने का प्रस्ताव है भारत बंद पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में आज कांग्रेस ने भारत बंद का आव्हान किया था छत्तीसगढ़ के अनेक स्थानों पर इस बंद का खासा असर देखा गया राज्य के अधिकांश बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वस्फूर्त बंद रहे अनेक स्कूल और कॉलेजों को भी बंद रखा गया छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स ने इस बंद को अपना समर्थन दिया था आपातकालीन सेवाओं को बंद से बाहर रखा गया था हालांकि गरियाबंद और सरगुजा जिले के अलावा जगदलपुर शहर में बंद का आंशिक असर ही रहा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों ने राज्य के विभिन्न स्थानों में बंद कराने के लिए रैलियां भी निकाली राज्य में कई जगहों पर बंद समर्थकों द्वारा यात्री बसों को रोके जाने के समाचार मिले हैं

कुछ स्थानों पर बंद समर्थकों के साथ पुलिस बलों की हल्की झूमाझटकी होने की भी खबर मिली है माओवादी गिरफ्तार बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने दो माओवादियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है जिला पुलिस बल और डीआरजी की संयुक्त टीम ने कुटरू थाना क्षेत्र और कोतवाली क्षेत्र में अलग अलग स्थानों से इन माओवादियों को गिरफ्तार किया है इन पर विशेष पुलिस आरक्षक की हत्या की घटनाओं में शामिल होने का आरोप है इन माओवादियों के खिलाफ स्थायी वारंट जारी किया गया था दीक्षांत परेड समारोह गृहमंत्री रामसेवक पैकरा ने कहा है कि राज्य के आदिवासी अंचलों में बाहरी तत्व आकर माओवाद के माध्यम से विकास को रोक रहे हैं रायपुर के पास चंदखुरी स्थित छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस अकादमी में दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हए उन्होंने यह बात कही दीक्षांत परेड़ कार्यकम के बुनियादी प्रशिक्षण में विभिन्न विषयों पर पुरस्कार प्राप्त करने वाले नौ प्रशिक्षित उप पुलिस अधीक्षकों को प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान किया गया

जोन अध्यक्ष मोहनलाल देवांगन ने बताया कि इस सम्मेलन में विशेष तौर पर पोस्टमैन का सम्मान किया गया इसके अलावा महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश सहित दूसरे राज्यों से आए रेडियो के श्रोताओं और कलाकारों को भी सम्मानित किया गया संक्षिप्त समाचार मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की अध्यक्षता में रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में इस समय राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है

बीजापुर जिले में इंद्रावती नदी में नाव पलटने से लापता हुए चार लोगों में से एक का शव आज बरामद किया गया करीब पचास घंटे तक बचाव अभियान चलाने के बाद यह शव बरामद हुआ अन्य लापता लोगों की तलाश जारी है इसी जिले के भोपालपट्नम स्थित बरदली आवासीय छात्रावास में करीब पचास बच्चों के बीमार होने का समाचार मिला है मुख्य चिकित्सा अधिकारी बीआर पुजारी ने बताया कि चिकित्सकों ने मौके पर जाकर बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की राजधानी रायपुर में जीरो बजट प्राकृतिक खेती पर कल से दो दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा